कल नई दिल्ली में इस वार्षिक आयोजन में शामिल होने के बाद एक ट्वीट भें उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत के प्रमुख मित्र देशों के नेताओं से मिलने का उन्हें अवसर मिला वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद कल शाम नई दिल्ली में शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उदघाटन सत्र में शामिल हुए न्यूजीलैंड कनाड़ा स्वीडन डेनमार्क भूटान दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस सत्र में भाग लिया तीन दिन के इस सम्मेलन में रूस ईरान ऑस्ट्रेलिया मालदीव दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ सहित बारह देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह चर्चा इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक इसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे पिछले वर्ष नवम्बर में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि परीक्षाओं के दौरान वे विद्यार्थियों को हंसते मुस्कुराते और उनके अभिभावकों को तनाव मुक्त देखना चाहते हैं

मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखें पैरेंट्स तनाव मुक्त हों टीचर्स आश्वस्त हों इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं देशभर भें आज बहत्तरवां सेना दिवस मनाया जा रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ उन्वास में देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ एफआरआर ब्रशर से सैन्य कमान अपने हाथों में ली थी

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर भारतीय सेना के वीर जवानों अवकाश प्राप्त सैन्यकर्भियों और उनके परिवारों को बधाई दी है भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने आज लखनऊ और नोएडा में पहले पुलिस आयुक्त के पदभार संमाले सुजीत पांडे ने लखनऊ में और आलोक सिंह ने नोएडा में पुलिस आयुक्त का कार्यमार संमाला प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताहे लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया था पुलिस ने मेरठ शहर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी अनीस खलीफा को गिरफ्तार किया है इसकी पहचान एक वीडियो में की गई जिसमें वह पिछले महीने की बीस तारीख को विरोध प्रदर्शन के दौरान पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग करते हुए देखा गया था पुलिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ उसके संबंधों की भी जांच कर रही है मकर सक्रांति का पर्व आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है लाखों की संख्या में श्रद्वालू सुबह से ही गंगा यमुना सरयू आदि नदियों में स्नान कर दान पृण्य कर रहे हैं

स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर पंडों को चावल मूंग दाल नमक हल्दी का दान किया मेला प्रशासन के अनुसार मकर संक्रांति पर आज दोपहर तक पचास लाख से अधिक श्रद्धाल संगम में स्नान कर चुके थे यहां कल्पवास के लिए भी श्रद्धाल आए हए हैं वाराणसी में गंगा तट पर भी आज तड़के से ही श्रद्वाल पवित्र स्नान के लिए जुट रहे हैं अयोध्या में सरयू में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया कृशीनगर में नारायणी नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान किया गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है बाबा गोरक्षनाथ को आज ब्रहममुहूर्त में पहली खिचड़ी गोरक्षपीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ऑदित्यनाथ ने चढ़ाई इसके बाद परंपरानुसार नेपाल राजपरिवार की खिचड़ी चढ़ायी गयी और फिर श्रद्धालुओं के खिचड़ी चढ़ाने का क्रम गुरू हुआ आज से मंदिर परिसर में एक महीने तक चलने वाले मेले की भी गुरूआज हो गयी

प्रदेश में गलनभरी ठण्ड और सर्द हवाओं का दौर जारी है मौसम विभाग के अनुसार अगले छत्तीस घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है विभाग ने लखनऊ गोण्डा बलरामपुर बस्ती और आस पास के क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों में व र्ता का अनुमान जताया है